आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि प्रवासी मजदूर अब राज्य सरकार की अनुमति लेने के बाद ही दूसरे राज्यों में कार्य करने हेत् जा सकेंगे लॉक डाउन में दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों द्वारा उनका शोषण किए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है श्री सोरेन ने कहा कि सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि देश के किन इलाको में यहां के मजदूर काम कर रहे हैं ताकि उनके शोषण को रोकने तथा विपदा के वक्त उनकी मदद करने मे सह्लियत हो सके उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार कार्ययोजना तैयार कर रही है रांची में आज एक और कोरोना संकमण मरीज की मौत हो गई उसका इलाज रिम्स में चल रहा था इस तरह राज्य में पिछले चौबैस घंटों के दौरान दो मरीजों की मौत हो चूकी है इस दौरान बासठ नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि उनहतर वहीं लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई नए संक्रमितों में जमशेदपुर के चौदह कोडरमा के तेरह गढ़वा के दस सिमडेगा के दस हजारीबाग के चार गुमला के तीन खूंटी के तीन और लातेहारपलाम बोकारो सरायकेला और रांची का एक एक व्यक्ति शामिल है इस तरह राज्य में अबतक कुल आठ सौ तैंतालीस कोरोना संक्रमित मरीज मिल च्रके हैं जबकि सात लोगों की मौत और तीन सौ नब्बे संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में जांच के लिए अबतक लिए गए नब्बे हजार दो सौ अठासी सैंपलों में से छियहतर हजार आठ सौ चौदह की निगेटिव रिपोर्ट आई है राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लंबित लगभग साढ़े बारह हजार सैंपलों की जांच चार दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कलकर्णी ने बताया कि इन सैंपलों को जांच के लिए नई दिल्ली मेजा गया है उधर धनबाद जिले के पीएमसीएच में कोरोना संक्रमण के सैंपलों की जांच में तेजी लाने के लिए तीन शिफ्ट में कार्य हो रहा है रामगढ़ जिले में भी अब कोरोना संक्रमण की जांच होगी विधायक ने इस सिलसिले में ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन किया इस मशीन के जरिए सैंपलों की जांच में तेजी आएगी जामताड़ा जिले में भी अब कोरोना संक्रमण की जांच होगी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच हजार तीन सौ पचपन लोग ठीक हुए हैं वहीं नौ हजार आठ सौ इक्यावन नये मामलों की पुष्टि हुई है और अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढकर दो लाख छब्बीस हजार सात सौ सतर हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ तिहतर मौतों की पुष्टि हुई है देश में मरने वालों की संख्या बढकर छह हजार तीन सौ अड़तालीस हो गई है मृत्य दर दो दशमलव आठ प्रतिशत है भारतीय आयर्विज्ञान चिकित्साह परिषद आई सी एम आर ने कहा है कि अब तक देशभर में तियालीस लाख छियासी हजार तीन सौ उनासी नमूनों की जांच की गई है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

सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

इस वाउचर से वे उन्नत बीजों की खरीदारी कर सकेंगे कृषि मंत्री बादल ने कहा कि पदाधिकारियों को किसानों की सुची तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है कृषि मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है उन्होंने कहा कि सभी जिलों में मिट्टी की उर्वराक्षमता का जांच कर हर जिले के लिए एक खासफल को चिन्हित किया जाएगा ताकि उसके पैदावारको बढ़ाया जा सके आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष जैव विविधता थीम पर मुख्य आयोजन जर्मनी की साझेदारी से कोलम्बिया में किया जा रहा है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये मुख्य आयोजन को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पिछले रविवार को मन को बात में कहा था कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर भारतीय की प्रतिबद्धता आवश्यक है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर लोगों सरकारों और अन्य समी पक्षों से प्रकृति के संरक्षण और समस्याओं का सतत समाधान तलाशने के प्रयास तेज करने का आहवान किया है राज्य के मुख्य मंत्री हेमन्त सोरेन ने भी अपने संदेश में कहा है कि जैव विविधता का संरक्षण और लगातार प्रबंधन अनिवार्य है पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी बनती है इस सिलसिले में राजधानी रांची के वन विभाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले ने राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भूमि में पौधरोपण किए जाने का कीर्तिमान बनाया है मनरेगा के तहत शुरू हुए बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधरोपण का कार्य हो रहा है इस योजना के तहत सभी पंचायतों में प्रतिदिन लगभग सौ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है

राज्य के ग्यारह शहरों के लगभग सत्तर हजार आवासों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है

शुद्ध पेयजलापूर्ति की इस योजना के लिए महागामा बड़हरवा छतरपूर हरिहरगंज वंशीधरनगर धनवार बड़की सरैया और डोमचांच नगर पंचायत के अलावा चतरा गोमियां तथा कपाली नगर पर्षद का चयन किया गया है राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है गोवा से प्रवासी मजदूरों को लेकर आज विशेष ट्रेन लातेहार पहुंची इस मौके पर जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के अलावा अन्य पदाधिकारी स्टेशन पर मौजूद थे समी को मास्कसेनिटाइजर और संक्रमण से बचाव से जुड़ी अन्य सामग्री देने के बाद गतव्य के लिए रवाना किया गया लातेहार जिले में अबतक लगभग तीन हजार मजदूर वापस आ चुके हैं वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया अमरीका और कनाडा के लिए पच्छहतर अतिरिक्त उड़ानों की बुकिंग आज शाम पांच बजे से शुरू करेगा इन स्थानों में न्यूयॉर्क नेवार्क शिकागो वाशिंगटन सान फ्रांसिस्को वैंकूअर ँऔर टोरंटो शामिल हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने बताया कि ये उड़ाने नौ जून से तीस जून के बीच संचालित होंगी उन्होंने कहा कि इन उड़ानों से विदेशी नागरिक भी जा सकेंगे वंदे भारत उड़ानों के तहत विश्व के विभिन्न भागों से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है बुधवार को दो हजार सात सौ सोलह लोग विदेशों से वापस आये हैं सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के पांच सौ रुपए भेजना शुरू कर दिया है यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है लाभार्थी दस जून के बाद किसी भी दिन यह राशि निकाल सकेंगी यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार मेजी जाएगी

रामगढ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन अपराधियों के पास से एक पिस्टल जिंदा कारतूस दो चार पहिया वाहन और तीन मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रप्त सूचना मिली थी कि दो वाहनों से अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पतरातू आ रहे हैं इसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया

पहले यह परीक्षा इकतीस मई को होनेवाली थी लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था